चंद्रयान दो ने एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा किया लैंडर विक्रम अपने ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक हुआ अलग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किया बाद में विज्ञान भवन में एक बैठक को सम्बोधित करते हए प्रधानमंत्री ने गुजरात के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा की उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दो हजार चौबीस तक सभी घरों में पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता बतायी साथियो गुजरात भवन के बाद अब गरवी गुजरात सदन की उपस्थिति अनेक तरह की नई सहूलियत लेकर आएगी साथियो यह सदन भले ही मिनी गुजरात का मॉडल हो लेकिन यह न्यू इंडिया की उच्च सोच का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को हमारी परम्पराओं को आध्निकता के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की बात करते हैं हम जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं आसमान को छूना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज स्थापित होने के बाद यहां निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान निवेशक राज्य में असुरक्षित वातावरण के चलते निवेश करने से कतराते थे और कम्पनियां प्रदेश को छोड़ कर जा रही थी लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है और उद्यमी राज्य की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं श्री योगी कल लखनऊ में आठ सौ करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले पूलिस भवन के लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिये इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया बड़े बड़े शहरों में रोड शो आयोजित किये गये और उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान की गई जिसका नतीजा यह है कि राज्य में उद्योग स्थापित हो रहे हैं और पांच लाख करोड़ रूपये के निवेश के ऑफर आये हैं जिनमें से डेढ़ लाख करोड़ के निवेश पर काम शुरू हो गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये और आधुनिक उत्तर प्रदेश में पुलिस को न केवल आधुनिक कार्य प्रणाली के हिसाब से खुद को दक्ष करना है बल्कि उनका कार्य व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि समाज विरोधी तत्वों में भय हो और आम जनता को उनमें विश्वास हो

उच्चतम न्यायालय राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिक्ता राजीव धवन की अवमानना याचिका पर आज सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ ने राजीव धवन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि अवमानना याचिका पर विचार किया जाएगा मुख्य याचिकाकर्ता एम सिदीक और ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा है कि उन्हें इस मुकदमे के लिए धमकियां मिली हैं राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश के दो हजार पच्चीस तक क्षय रोग टीबी से मुक्त बनाने के आहवान के लिये समी को आगे आना चाहिये और हर व्यक्ति को टीबी ग्रस्त बच्चे को गोद लेना चाहिए ताकि देश से टीबी को समाप्त किया जा सके उन्होंने छात्रों से देश को प्लास्टिक और कैंसर से मुक्त बनाने में अपना योगदान करने का आह्वान भी किया श्रीमती पटेल कल रूहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में छात्र छात्राओं को मेडल वितरित कर रही थी उन्होंने विश्वविद्यालय से संबद्व समी कॉलेजों से एक एक गांव गोद लेने का आहवान किया जिससे शैक्षिक विकास संभव हो सके इस अवसर पर राज्यपाल ने पहली बार प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को बुलाकर सम्मानित किया जिससे उनमें भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ललक जग सके

सम्मेलन में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दो वर्ष की अवधि के लिए सी ओ पी यानी काफ्रेंस ऑफ पार्टीज का अध्यक्ष चुना गया है उन्होंने इसे भारत का सम्मान बताते हुए पारिस्थितिकी और पर्यावरण की बहाली की आशा व्यक्त की जावड़ेकर ने कहा कि सी ओ पी चौदह का उद्देश्य सतत भूमि प्रबंधन मरूस्थलीकरण को रोकना जमीन के क्षरण को रोककर उसकी उर्वरता की बहाली तथा रेतीली और धूलभरी आधियों से निपटने जैसी समस्याओं और उनके निदान पर विचार करना है उन्होंने कहा कि सी ओ पी चौदह में होने वाले विचार विमर्श से जो नतीजे सामने आएंगे उनसे कृषि वानिकी भूमि और जल प्रबंधन तथा गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में पहले से चल रहे कार्यक्रमों में समन्वय और सामंजस्य बिठाने में मदद मिलेगी इससे संयुक्त राष्ट्र के दो हजार तीस तक सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को हासिल करने में आसानी होगी पर्यावरण मंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल के लिहाज से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और विश्व के कुल वनक्षेत्र का चौबीस प्रतिशत भारत में हैं भारत के दूसरे चन्द्रमा अभियान चन्द्रयान दो ने कल दोपहर एक बहुत महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया लैण्डर विक्रम अपने ऑरबिटर से सफलतापूर्वक अलग हो गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन में एक बजकर पन्द्रह मिनट पर ऑरविटर से लैण्डर को अलग करने का काम तेजी से पूरा किया यह कार्य बेंगलुरू में इसरो के मिशन कन्ट्रोल केन्द्र में इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रिमोट द्वारा कृष्ठ मिली सेकेण्डों यानी एक सेकेण्ड के हजारवें हिस्से से भी कम समय में सम्पन्न किया इसरो की विज्ञप्ति में बताया गया है कि चन्द्रयान दो की दोनों प्रणालियां ऑर्बिटर और लैण्डर एकदम ठीक हैं इस चरण के बाद अब वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान लैण्डर मॉड्यूल को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रव पर उतारने पर रहेगा अगले दो दिनों यानी तीन और चार तारीख को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव क्षेत्र में उतारने के लिए लैण्डर को चंद्रमा की सतह की ओर नीचे लाने और कक्षा से बाहर निकालने की दो प्रक्रियाए की जाएगी लैण्डर को कक्षा से बाहर निकालने का उद्देश्य उसे सीधे चन्द्रमा की सतह की ओर ले जाना है ताकि वो सात सितम्बर को दक्षिणी ध्रव के पास धीरे से उतर सके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चन्द्रयान दो के ऑर्बिटर से लैण्डर के सफलतापूर्वक अलग होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है इसे चन्द्रमा तक की यात्रा में चन्द्रयान दो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है गणेश चतुर्थी कल देशभर में श्रद्वापूर्वक मनाई गयी बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का दस दिन का जन्मोत्सव कल से शुरु होकर गणेश चतुर्दशी पर सम्पन्न होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणेश चतुर्थी सहित मोहर्रम और अनन्त चतुर्दशी पर्वो के दौरान प्रदेश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश दिये हैं लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मंडलायुक्तों जिलाधिकारियों जिला पुलिस प्रमुखों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि त्यौहारों के दौरान सभी यात्राए और जुलूस तयशुदा मार्गो पर ही निकाले जायेंगे इनके रास्ते नहीं बदले जायेंगे ताजियों की ऊँचाई निर्घारित मानक के अनुसार ही हो जिससे बिजली के तारों और पेड़ों से कोई अड़चन न पैदा हो त्यौहारों के दौरान किसी को भी अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जायेगी